इनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किये जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में पांच से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी समी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा बिना कोविड नाइन्टीन के लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा मूर्तियों को छना प्रतिबंधित रहेगा और चढावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकार्ड भजनों का इस्तेमाल होगा शॉपिंग मॉल और रेस्त्रां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये गए हैं मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दुरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्त्रां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जा सकेंगे जिनमें भीड जुटे फूड कोर्ट या रेस्त्रां में बैठने की जगह का केवल पचास फीसदी ही इस्तेमाल होगा ग्राहकों के टेबल छोड़ते ही इसे सेनिटाइज करना अनिवार्य किया गया है होटलों में डाइनिंग हॉल के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा देने और अतिथियों के सामान को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाण्रहित करने को कहा गया है इन स्थानों पर सभी सीसीटीवी कैमरे लगतार कार्यरत रहने चाहिए पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों गर्मवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा आरोग्य सेत ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का उपयोग करने को कहा गया है बैठकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाने और वातानुकूलन का तापमान चौबीस से तीस डिग्री के बीच रखने की सलाह दी गयी है इस बीच वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल होटल और शॉपिंग मॉल कल से नहीं खुलेंगे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में धार्मिक स्थलों होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोला जाएगा यह निरीक्षण कल से शुरू होगा जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों होटल और मॉल ने निर्घारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं उन्हें अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक चेक लिस्ट भरकर जमा करनी होगी इस चेक लिस्ट के आधार पर सम्बंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे निरीक्षण में संतुष्ट पाए जाने के बाद इन स्थलों को अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सम्बंधित स्थर्लों पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे खुले हैं अथवा नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर पहुंचे उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाएं देखी मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सर्जरी से पूर्व मरीजों की कोरोना जांच अवश्य की जाए उन्होंने कहा कि इसके लिए अस्पताल को टूनेट मशीन दी गयी है मुख्यमंत्री ने आज प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की इससे पूर्व श्री योगी आज दोपहर करीब एक बजे बस्ती पहचे उन्होंने यहां जिला अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन किया जिले को टूनेट मशीन मिल जाने के बाद अब रक्त के नमूने से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी पहले कोरोना की जांच के लिए नमूने गोरखपूर मेंजे जाते थे जिससे रिपोर्ट आने में दो से चार दिन का समय लगता था फिलहाल इस जांच केंद्र में एक दिन में चौबीस नमनों की जांच हो सकेगी कोविड नाइन्टीन पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं राजेश कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा साक्षान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए जिनको निमोनिया है या जिनको ये सांस से संबंधित कोई मी बीमारी है ये जल्दील से कोरोना संक्रमित हो जाते हैं

आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यह दिवस खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि कृषि बाजार पहुंच पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों उत्पादकों विक्रेताओं उपमोक्ताओं और सरकारों का आह्वान किया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग जिन खाद्य पदार्थो का सेवन करें वह सुरक्षित स्वस्थ और पौष्टिक हो उन्हॉने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुद्द पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है